इसके अलावा मुख्यमंत्री वीडियो काफ्रेसिंग के जरिए ही प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के भवन का शुभारंभ और सिरमौर जिले में महिला हाट का लोकार्पण करेगे

शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को अपने अंक बेहतर करने का अवसर मिलेगा उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने विभिन्न छात्र संगठनों और अन्य सुझावों के आधार पर हर साल फरवरी मार्च अप्रैल और मई में ये परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्द है

उन्होंने कामगारों से प्रदेश भवन व सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ लेने के लिए बोर्ड में पंजीकरण करवाने का आग्रह भी किया है

वह कल शिमला में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने में कारगर सिद्द होगी

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

आपका फैसला कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर के हवाले से लिखता है किसानों के लिए लागू होगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नीति दैनिक जागरण ने बकौल शिक्षा मंत्री लिखा है फीस पर नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी

आपका फैसला का शीर्षक है निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसेगी प्रदेश सरकार मौसम की खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है हिमाचल में माइनस में पारा कांगड़ा और सोलन शिमला से ज्यादा ठंडे